राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में रोजगार सृजन के नजरिए से पर्यटन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है और इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार प्ररी क्षमता के साथ प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि एक्ट इस्ट पोलिसी के तहत इस क्षेत्र में स्थानीय उद्यमिता के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है राज्यपाल ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री से राज्य में सरकार से पर्यटन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहयोग करने का आग्रह किया मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनिल अरोड़ा ने कहा है कि अधिकतर राजनीतिक दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पूरा भरोसा व्यक्त किया है लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसे लेकर न्रामक दुष्प्रचार में लगे हुए हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कल शाम निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की श्री अरोड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मशीनों में छेड़छाड़ करना और उनमें गड़बड़ी आना दो अलग अलग बातें है और दोनों में अतर है उन्होंने कहा कि मशीनों से छेड़छाड़ का कोई भी आरोप अबतक साबित नही हो सका है मतदान पुष्टि पर्ची की गिनती किए जाने की विभिन्न दलों की मांग पर श्री अरोड़ा ने कहा कि भारतीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के विशेषज्ञ इसकी संभावना के बारे में जल्दी ही रिपोर्ट सौंपेंगे इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कालिंग तायेंग ने राज्य में लोक सभा और विधानसभा चुनावों के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांगकी दारांग को मीडिया नॉडल आफिसर और प्रवक्ता नियुक्त किया है मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने कल तेजपूर वायू सेना स्टेशन में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को श्रंद्वांजलि दी उन्होंने पापुमपारे जिले के सागाली में वर्ष दो हजार सत्रह में भारी वर्षा और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के बचाव अभियान के दौरान दूर्घटना में मारे गए भारतीय वायु सेना के पायलट और अन्य सदस्यों की प्रतिमा का अनावरण किया मुख्यमंत्री ने इस अभियान में शहीद भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर मंदीप सिंह ढ़िल्लो फ्लाईट लेफ्टिनेंट प्रमोद कुमार सिंह सार्जेंट राजेंद्र यशवंत गुर्जर और राज्य पुलिस के जवानों को श्रंद्वांजलि देते हुए कहा कि राज्य के लोग इनके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क केंसर कीमो थेरेपी योजना से अवतक लगभग आठ सौ अस्सी मरीजों को लाभ हुआ है

मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू द्वारा अगस्त दो हजार सत्रह में राज्य के केंसर मरीजों की सुविधा के लिए इस योजना को शुरु किया गया था इसके तहत मरीजों के इलाज के लिए प्रतिवर्ष दस लाख़ रुपये की निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है

अपने संदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि लोक नृत्य आधारित त्यौहार राज्य के प्रत्येक समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक विकास और राज्य की संस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहायक होगा

राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जोलांग आज आयोजित प्री न्योकूम उत्सव विधायक तेची कासो ने युवाओं से स्थानीय भाषा कला एवं संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की आज विश्व रेडियों दिवस है मनोरंजन और सूचना के लिए मंच उपलब्ध कराने दूर दराज के क्षेत्रों में बसे समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने और लोगों को सशक्त बनाने में रेडियों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष तेरह फरवरी को यह दिन मनाया जाता है विश्व रेडियों दिवस की इस वर्ष की थीम है संवाद सहनशीलता और शांति विश्व रेडियों दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियों गुतेरस ने कहा कि रेडियो एक सशक्त माध्यम है उन्होंने कहा कि मौजूदा विश्व में संचार के डिजिटल माध्यमों के बावजूद रेडियो किसी और मीडिया प्लेटफार्म की तुलना में अधिक लोगों तक पहुंचता हैं उन्होंने लोगों से रेडियों की ताकत को पहचानने और संवाद सहनशीलता और शांति को बढ़ावा देने का आह्वान किया है